अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो

प्रधानमंत्री ने बताया कि एक केन्द्रीय दल जल्द ही नुकसान का जायजा लेने के लिए राज्य में पहुंचेगा बाइट अभी राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री ने विस्तार से मेरे सामने जो भी प्राथमिक आकलन है उसका ब्यौरा दिया है हमने तय किया है कि हो सके उतना जल्द डिटेल में सर्वे हो केन्द्र सरकार की तरफ से भी तत्काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी क्षेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल करके रिहैबिलिटेशन हो रेस्ट्रोरेशन हो रिकस्ट्रक्शन हो उसकी व्यापक योजना बना करके बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा पूरा साथ देंगे सहयोग देंगे इससे पहले प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के साथ राज्य के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया प्रधानमंत्री आज तीसरे पहर भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पहुंच उन्होंने ओडिसा में भी तूफान अम्फन से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लखनऊ में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन की सफलता के लिए प्रत्येक स्तर पर सतर्क एवं सावधान रहना आवश्यक है उन्होंने लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश देते हुए कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी भीड़ एकत्र न होने पाए उन्होंने पुलिस को प्रभावी पेट्रोलिंग करने के निर्देश देते हुए कहा है कि बॉर्डर क्षेत्र के साथ साथ हाईवे तथा एक्सप्रेस वे पर नियमित पेट्रोलिंग से दुर्घटनाओं को रोकने में बड़ी मदद मिलती है उन्होंने बाजारों में फुट पेट्रोलिंग की उपयोगिता पर बल दिया है उन्होंने निर्देश दिए हैं कि शहरी इलाकों में यातायात प्रबन्धन चुस्त दुरुस्त रखा जाए तथा ग्रामीण इलाकों में भी सघन पेट्रोलिंग की जाए उन्होंने कन्टेन्टमेन्ट जोन में होम डिलीवरी व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए हैं श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि प्रवासी कामगारों की सकुशल वापसी के साथ ही उन्हे क्वारंटीन सेण्टर में ले जाएं प्रवासी कामगारों की क्वारंटीन सेण्टर में स्किल मैपिंग की जाए

उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज की व्यवस्थाओं के क्रम में कृषि विभाग विकास खण्ड स्तर पर खाद्यान्न की भण्डारण क्षमता सृजित करने के लिए कार्य करे श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है अब तक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वाले पांच हजार लोगों पर जुर्माना लगाया गया है

अब तक तीन हजार दो सौ अड़तीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है उन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूरों में संक्रमण का प्रतिशत काफी अधिक है

राज्य के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि बाहर से आने वाले मजदूरो में संक्रमण के मामले ज्यादा पाए जा रहे हैं और मोहल्ला तथा ग्राम स्तर की निगरानी समितियों को इस संबंध में सतर्क कर दिया गया है उन्होंने बताया कि प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा साढ़े पांच लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों पर निगरानी रखी जा रही है

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ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

रिजर्व बैंक ने रेपो दर चार दशमलव चार प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत कर दी है रिवर्स रेपो दर में भी कमी की गई है

रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि आज घोषित उपायों को मुख्य रूप से चार वर्गों में बांटा गया है ये हैं बाजार के कामकाज में सुधार लाना आयात और निर्यात को बढ़ावा देना ऋण सेवाओं और कार्यकारी पूंजी को मामले में राहत देकर आर्थिक दबाव को कम करना और राज्य सरकारों के वित्तीय संकट को कम करना

केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज नई दिल्ली में अंतराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर एक डिजिटल कार्यक्रम को संबोधित किया उन्होंने कहा कि विश्व के भूमि संसाधनों में भारत की हिस्सेदारी दो दशमलव पांच प्रतिशत है

भारत ने विश्व की जैव विविधता में करीब आठ प्रतिशत योगदान दिया है उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन में विश्व को परिवार समझने और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने का संदेश दिया गया है श्री जावडेकर ने कहा कि भारत में अनेक विश्वविद्यालय जैव विविधता में प्रमाणपत्र और डिग्री पाठ्यक्रमों का संचालन करते हैं उन्होंने कहा कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक कदम उठाये जा रहे हैं इस अवसर पर श्री जावडेकर ने जैव विविधता संरक्षण इंटर्नशिप पाठ्यक्रम का भी शुभारंभ किया सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने एक महत्वाकांक्षी पहल के तहत जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज सामुदायिक रेडियो पर बातचीत की शाम सात बजे से यह बातचीत देशभर के सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर एक साथ प्रसारित की जा रही है इस बातचीत को एफ एम गोल्ड चैनल पर आज शाम साढे सात बजे हिन्दी में और रात नौ बजे अंग्रेजी में सुना जा सकता है बाइट आप लोग ऐसे दिनों में भी अच्छा काम कर रहे हैं मुझे जगह जगह से रिपोर्ट मिलती है और उस रिपोर्ट के आधार पर मैं यह कहूंगा कि कोविड के संकट का सामना करने में कम्युनिटी रेडियो भी अपनी भूमिका निभा रहा है और इसके लिए और क्या कर सकते हैं कि इसकी चर्चा करना ही मेरे आने का उद्देश्य था आप सबका स्वागत है मिर्जापूर मे आज तड़के एक सड़क दुर्घटना मे तीन लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गये पुलिस सूत्रों बताया कि मुंबई से गोपालगंज बिहार के लिए यात्रा कर सात यात्री मिर्जापूर के बसही गांव में सड़क के किनारे आराम कर रहे थे

पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है तथा इसके चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को दो दो लाख रूपये की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है और घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिये हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के दौरान और उसके बाद की अवधि के लिए टीकाकरण सेवाओं के बारे में परामर्श जारी किया है इसके अनुसार कोरोना संक्रमण के सभी क्षेत्रों में नवजात शिशुओं का टीकाकरण जारी रहेगा इस काम के लिए टीकाकरण सेवाओं को दो वर्गों में बांटा गया है